इस पार्क में किसानों और उद्यमियों के लिए आधुनिक मूलभूत संरचनाएं और प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया इस विधेयक से विवादास्पद ब्रिज कोर्स का प्रावधान हटा दिया गया है इस प्रावधान से वैकल्पिक चिकित्सा पद्वति से जुड़े डॉक्टरों को एलोपैथिक उपचार की अनुमति मिल सकती थी अयोग्य डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए सरकार ने अनधिकृत डॉक्टरों के लिए एक वर्ष तक की जेल और पांच लाख तक के जुर्मोने का प्रावधान किया है देशमर में एम बी बी एस की एक ही परीक्षा नेशनल एक्जिट टेस्ट नेक्स्ट कराने की मंजूरी भी दी गई अब छात्रों को एम बी बी एस के बाद लाइसेंस लेने के लिए अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी और विदेशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आये छात्रों को भी भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने स्कूली शिक्षा पर समन्वित योजना तैयार करने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया है

एस बैंड सेवाएं कृछ खास उद्देश्यों के लिए शुरू की जाएंगी जिनमें एक छोटे एंटीना के साथ मौसम मल्टी मीडिया संचार प्रणाली और निगरानी सुविधाएं शामिल होंगी सी बैंड एंटीना खासकर व्यावसायिक संचार संबंधी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सबसे कम विकसित जिलों के जल्दी और प्रभावी कायाकल्प के लिए जनवरी में आकांक्षी जिलों के कायाकल्प कार्यक्रम की शुरूआत की थी

इस अवसर पर जैन समुदाय की ओर से विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं

करौली के महावीर जी में आज प्रभातफेरी निकाली गई दोपहर में कलश अभिषेक और प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी इस दौरान दिव्यांगों को ट्राई साईकिल बांटी जायेगी महावीर जी के वार्षिक मेले में देशभर से काफी संख्या में श्रद्वालू पहुंच रहे हैं इघर बीकानेर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तीन दिवसीय आयोजन में आज तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम हो रहे है इस मौके पर आज जैन महासभा की ओर से दो स्थानों से अहिंसा रैली निकली गई

विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जनलेखा समिति में विधायक प्रद्यम्न सिंह को सभापति मनोनीत किया है

केंद्रीय समिति में अध्यक्ष के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की पांच समितियों के अध्यक्षों सहित दस सदस्य होते हैं